कार्भिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श में कहा गया है कि सभी प्रवेश द्वारों या स्वागत कक्षों में हाथ साफ करने के लिए सेनिटाजर्स रखे जाने चाहिए फ्लू जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को समुचित उपचार और क्वारैन्टीन का परामर्श दिया गया है

प्रतिबंध इधर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रति एहतियात बर्तते हुए पारिवारिक समारोहों पर भी रोक लगा दी है इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में अब किसी भी तरह के पारिवारिक धार्मिक और राजनीतिक समारोह नहीं हो सकेंगे इस बीच कुल्लू जिला प्रशासन ने मनाली के वशिष्ठ व मणिकर्ण स्थित सार्वजनिक गर्म पानी के कुण्डों में श्रद्वालुओं के स्नान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है

कुलंदीप पठानिया को मुख्य प्रवक्ता तथा कर्नल धनी राम शांडिल को राज्य अनुशासन सभिति का अध्यक्ष बनाया गया है येस बैंक येस बैंक के मनोनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार ने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि आज शाम छह बजे से बैंक का काम काज पूरी तरह सामान्य हो जायेगा उन्होंने कहा कि सभी बैंक शाखाओं तथा एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध है प्रशांत कुमार ने जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी जमाराशि पूरी तरह सुरक्षित है और ग्राहक अब पहले की तरह बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कल कुल्लू में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में यह जानकारी दी

अखबारों की सुर्खियों से आज समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दलाईलामा मंदिर समेत सभी शक्ति सिद्धपीठों के कपाट बंद नाके लगाकर लौटाए गए श्रद्वाल दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भीड़ वाले सारे आयोजन बंद हिमाचल सरकार ने लागू किया एपिडेमिक एक्ट दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल प्रदेश में तिब्बती समुदाय के कई देशों के मठों के मठों के कार्यक्रम रदद शक्तिपीठों के कपाट बंद हिमाचल दस्तक के मुताबिक प्रदेशभर के मंदिरों के कपाट बंद शक्तिपीठों में अगले आदेशों तक दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्वालु दैनिक जागरण का कहना है प्रदेश में नहीं होंगे पारिवारिक समारोह मास्क व सैनिटाइजर की लगानी होगी रेट लिस्ट वहीं पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के हवाले से लिखा है मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई आपका फैसला के मुताबिक कांगड़ा जिला में कोरोना के दो संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट नैगेटिव हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों की वेतन बढ़ौतरी पर अमर उजाला की सुर्खी है एचआरटीसी के फिक्स चालकों का वेतन तीन हजार रूपये बढ़ाया

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक एचआरटीसी चालकों का बढ़ेगा वेतन पैंशनरों को भी मिलेगी अंतरिम राहत इसी समाचार पत्र के अनुसार बजट फीडबैक को सरकार ने शुरू किया सर्वेक्षण आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है बड़ी परियोजना के लिए नियुक्त हों नोडल अधिकारी दिव्य हिमाचल की एक खबर है पांचवीं का हिंदी का पेपर रद्द